मंजूरी के बाद अब यह विधेयक कानून बन गया है इसके तहत तीन तलाक को अपराध माना गया है इस कानून में तीन तलाक देने वाले को तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है इस विधेयक को हाल ही में राज्यसभा ने अपनी मंजूरी दी थी वहीं लोकसभा में इसे पहले ही पारित कर दिया गया था

वे यहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे

इसके जरिए उप राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम सुरक्षा व्यवस्था संचार और चिकित्सा व्यवस्था के संबंध में चर्चा की जाएगी आपकी सरकार आपके द्वार प्रदेश में आज से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरूआत की गई है अभियान के तहत जिले के प्रभारी मंत्री विधायक कलेक्टर और विभिन्न विभागों के अधिकारी जिले के किसी एक गांव में आकस्मिक रूप से पहुंचकर वहां शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का का जायजा ले रहे हैं इसके बाद वे जिले के एक विकासखंड में जन समस्या निवारण शिविर में शामिल होंगे और प्राप्त आवेदनों का मौके पर ही निराकरण करेंगे आपकी सरकार आपके द्वार का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है भाजपा बैठक भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान को लेकर भोपाल में पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक जारी है इस बैठक में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा जिला अध्यक्ष और विधायक भी हिस्सा ले रहे हैं बैठक से पहले प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी के कई विधायकों ने प्रदेश संगठन से यह शिकायत की है कि कांग्रेस उनसे संपर्क कर प्रलोभन दे रही है श्री सिंह ने इसे कांग्रेस की हताशा बताते हुए कहा कि भाजपा विधायक पूरी तरह एकजुट हैं आज की बैठक में पार्टी के सदस्यता अभियान को तेज करने की योजना बनाई जाएगी मिलावट रासुका प्रदेश में खादय पदार्थो में मिलावट के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान के तहत मिलावटी चीजों के नमूने लेकर उनकी जांच की जा रही है वहीं मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी की जा रही है उज्जैन में खादय एवं औषधी विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री पर छापा मार कर नकली घी जब्त किया है कलेक्टर शशांक मिश्र ने इस मामले में कड़ी कार्यवाही करते हुए आरोपी कीर्ति केलकर के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर आरोपी को जेल भेज दिया है स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि मिलावट करने वालों के खिलाफ प्रदेशभर में अभियान जारी रहेगा मिलावट करने वाला कोई भी हो उसे बक्शा नहीं जाएगा

संविदा बहाली राज्य सरकार ने विभिन्न विभाग से निकाले गये सभी संविदा कर्मचारियों को बहाल करने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ आज राज्य मंत्रालय में संविदा कर्मचारी प्रतिनिधियों की बैठक में यह फैसला लिया गया

बैडमिंटन थाइलैंड ओपन बैडमिंटन में आज भारतीय खिलाड़ी साइना नेहवाल और किदम्बी श्रीकांत अपने दूसरे दौर के मैच खेलेंगे साइना जापान की साइका ताकाहाशी से भिड़ेगी वहीं श्रीकांत का मुकाबला थाइलैंड के ही खोषित फेतप्रदब से होगा साइना श्रीकांत एच एस प्रणय परुपल्लीम कश्यप बी साई प्रणीत और शुभंकर डे कल अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराकर प्रतियोगिता के अगले दौर में पहुंच गए थे बारिश प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से हो रही बारिश से कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त होने की खबर है कुछ स्थानों पर अत्याधिक बारिश से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है हालांकि कृषि वैज्ञानिक इस बारिश को फसलों के लिए फायदेमंद बता रहे हैं बारिश से कई जिलों में सूखने की कगार पर पहुंची धान और मक्के की फसल फिर लहलहाने लगी है